प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा से भरपूर आज के युवा अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं बाइट आज का युवा मल्टी टॉस्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है वो एंबीशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और यही तो न्यू इंडिया का आधार है जो हमारी सरकार ने देश को युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्म विश्वांच बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है हमारा यह स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उंचाईयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी बाइट ये ऐसा मंच है जो आप जमी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा एक दिशा देगा यहां से जो आइडियाज जो सीख आप लेकर जायेंगे उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नये भारत की आत्मा नये भारत के नये संस्कारों का निर्माण करेगा साथियो पार्लियामेंट जितना प्रोडेक्टिव होगा देश उतना प्रोगेसिव होगा और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं और देश को पता होना चाहिए जिन एमपीज को आप जीता करके आप भेजते हो वो कर क्या रहा है राष्ट्रीय यवा संसद समारोह का पहला पुरस्कार नागपुर की श्वेता उमरे को दिया गया दूसरा पुरस्कार बैंगलूरू की अंजनाक्षी और तीसरा पुरस्कार पटना की ममता कुमार ने प्राप्त किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया एप का उदघाटन किया जो देश के खेलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ में एक नये राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये की लागत वाली योजनाओं का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से प्रतापगढ़ में यह मेडिकल कॉलेज दो हजार इक्कीस तक बनकर तैयार हो जायेगा इससे पहले कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्द्वन की उपस्थिति में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक स्पर स्पेशिलिटी ब्लाक की भी आधारशिला रखी सात मंजिला इस इमारत में दो सौ चालीस बेड क्षमता के बारह सूपर स्पेशिलिटी विभाग बनाये जायेंगे इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि दो हजार चौदह तक राज्य में केवल तेरह सरकारी मेडिकल कॉलेज थे केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में इस समय पन्द्रह मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है उन्होंने बताया कि गोरखप्र और रायबरेली में एक एक एम्स खोला जायेगा इनकी ओपीडी शुरू हो चुकी है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने घोषणा की है कि प्रयागराज संग्रहालय में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में आजाद वीथिका का निर्माण किया जायेगा श्री नाईक आज शहीद चन्द्रशेखर आजाद की पूण्य तिथि पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अमर शहीद को अपनी श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे थे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

भारतीय सेना ने कल रात जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिले में सीमापार से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की पांच अग्रिम चौकियों को नष्ट कर दिया बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में भी संघर्ष विराम उल्लंघन की खबर मिली है सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सीमापार से गोलाबारी जारी है और भारतीय सैनिक माकूल जवाब दे रहे हैं इस बीच पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने पर कल के हवाई हमले के बाद भारतीय वायुसेना के जेट श्रीनगर और बडगाम जिलों पर गश्त लगा रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि भारत द्वारा कल जैश ए मोहम्मद के खिलाफ की गई कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने आज सुबह भारतीय सीमा पर सैन्य प्रतिष्ठानों को वायुसेना का उपयोग कर निशाना बनाया जिस पर भारत द्वारा ततपरता के साथ सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी प्रयासों को नाकाम कर दिया गया इस कार्रवाई में पाकिस्तान की वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना न मार गिराया

भारतीय पायलट भी लापता है इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय पायलट उसकी हिरासत में हैं इस मामले में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है अमरीका ने पाकिस्तान से द्रढ़तापूर्वक कहा है कि वह अपनी जमीन से पनप रहे आतंकी गुटों पर ठोस कार्रवाई करे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि वह किसी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचे और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद किसी भी कीमत पर उकसाने वाली कार्रवाई न करे भारत रूस और चीन ने आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हए कहा है कि आतंकी गुटों को मदद नहीं दी जानी चाहिए और न ही उनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए इन देशों ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन और सहायता देने वालों को दोषी मानकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी द्वारा आज सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के लिये एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विनय राज तिवारी ने बताया कि इस कार्यशाला में केन्द्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि स्वच्छता मिशन कौशल विकास मिशन और उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानाकारी दी गई पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने बताया कि उनका विभाग सरकार और पत्रकारों के बीच संवाद का एक मंच उपलब्ध कराता है ताकि मीडिया की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जा सके नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सूचित किया है कि असैनिक हवाई यातायात के लिये उत्तर भारत में जिन हवाई अड्डों को कुछ समय के लिये बंद किया गया था उन्हें खोल दिया गया है इससे पहले श्रीनगर जम्मू लेह पठानकोट अमृतसर कांगड़ा और कूल्लू के हवाई अड्डे यात्री विमानों के लिए अस्थाई रूप से बंद कर दिये गये थे अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ श्रीनगर की उड़ाने रद्द कर दी गई हैं